भारत ने कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का किया स्वागत

मध्यस्थता समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एफ एम कलीफुल्ला ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष आज अपनी रिपोर्ट सौंपी

हेग स्थित न्यायालय ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा कुलभूषण जाधव को दी गई मौत की सजा पर कल रोक लगा दी और पाकिस्तान को निर्देश दिया कि वह जाधव को राजनयिक पहंच उपलब्ध कराये

इस मामले में भारत के वकील हरीश साल्वे ने भारत की ओर से न्यायालय के हस्तक्षेप के प्रति आभार व्यक्त किया है उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि आखिरकार न्याय की विजय होगी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कलभूषण जाधव के परिवार वालों से बातचीत की और उनके साहस की प्रशंसा की

पार्टी नेता राहुल गांधी ने आशा व्यक्त की कि कुलभूषण जाधव जल्द ही भारत वापस आयेंगे

इसका उद्देश्य अपनी महत्ता खो चुके पुराने कानूनो को समाप्त करना है

अब एम्स सहित सभी मेडिकल कॉलेजों में सिर्फ नीट के जरिये प्रवेश होगा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कल इससे संबंधित नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी बिल को मंजूरी दे दी है

ये कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा

इस संबंध में शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी किये है अगर विद्यालय समय में कर्मचारी मोबाइल चलाता पाया गया तो संस्थान प्रधान की जिम्मेदारी होगी आदेश में यह भी बताया गया है कि अक्सर यह देखा जाता है कि उच्चाधिकारियों के निरीक्षण के दौरान कर्मचारी अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप और अन्य बातों में व्यस्त रहते है और कक्षाओं में अध्ययन नहीं करवाते है अब ऐसे अध्यापकों पर भी कर्रवाई होगी

इस संबंध में कल खोखरापार में भारत पाक टिड़डी चेतावनी संगठन के अधिकारियों की बैठक हई

जिला कलक्टर श्यामसिंह राजपुरोहित ने बताया कि जिले के प्रत्येक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी अपनी मनपसन्द जगह पर अपनी पसन्द का एक एक पौधा लगाएंगे

नारेबाजी करते हए उन्होंने अतिरिक्त जिला कलक्टर को प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा भारतीय किसान संघ के बैनर तले किए गए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जिले के किसान शामिल हुए